नया आदेश जारी

महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए सात उड़ानें रहेंगी पांच उडा़नें गुजरात के लिए निर्धारित हैं पहले सप्ताह में सबसे अधिक उड़ानों के माध्यम से खाड़ी के देशों से भारतीय नागरिक वापस आएंगे

कोरोना प्रदेश प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है

उधर जबलप्र में कल पाँच और पॉजिटिव मामले सामने आये हैं इनमें तीन महीने की बच्ची भी शामिल है

अरविंदो अस्पताल ने इस दौरान पर्यावरण के लिए एक अच्छी पहल करते हए सभी स्वस्थ मरीजों से पौधारोपण करवाया

स्टेट कंट्रोल रूम के प्रभारी व अपर मुख्य सचिव आईसीपी केशरी ने कल नए निर्देश जारी किए हैं अब तक प्रदेश या द्रसरे राज्य के हॉट स्पॉट जिलों से आने जाने की अन्मति नहीं थी इसके लिए द्रसरे राज्य के हॉट स्पॉट जिलों में फंसे लोगों को घर आने के लिए मैप आईटी के पोर्टल पर अपने वाहन नंबर सहित आवेदन करना होगा इसी तरह भोपाल इंदौर उज्जैन धार खंडवा व खरगोन जिले से अन्य जिलों में जाने के लिए मेडिकल इमरजेंसी मृत्य् व शादी के अलावा कोई ई पास जारी नहीं किया जा रहा था इसमें भी छूट दी गई है अब इन जिलों से भी लोग ई पास के जरिए प्रदेश के दूसरे जिलों में जा सकेंगे कलेक्टर इसके लिए अन्मति देंगे इस तरह के ई पास केवल एक बार की यात्रा के लिए ही जारी किए जाएंगे ताकि उनका द्रुपयोग न हो जिले में आने वाले व्यक्ति की डॉक्टरी जांच की जाएगी

विप्रो दान विप्रो कम्पनी द्वारा स्थापित अजीम प्रेमजी फाऊंडेशन सागर के ब्न्देलखण्ड मेडिकल कालेज को लगभग एक करोड़ रुपए के मेडिकल उपकरण प्रदान करेगा कॉलेज के डीन डॉ जीएस पटेल ने बताया कि इससे कोरोना जांच में जल्दी और सह्लियत होगी

श्योप्र में कल तेज आंधी की वजह से विजयप्र तहसील के हल्लप्र गांव में आग लग गई जिसने आधे गांव को अपनी चपेट में ले लिया बताया जा रहा है कि आगजनी में चार बच्चों के लापता होने और कई पश्ओं के हताहत होने की खबर है फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट संदेश के जरिए इस द्र्घटना पर द्ख जताया है और बच्चों की क्शलता की कामना की है इधर राजधानी भोपाल में कल तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई उधर सिवनी जिले में कल रात तेज हवा के साथ बारिश होने से विक्रय केंद्रों में बेचे जाने के लिए रखा किसानों का गेहं गीला हो गया इसी के साथ तेज हवा के चलते आम की फसल को काफी न्कसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है निवाड़ी जिले में कल फिर तेज आंधी तूफान के कारण कई पेड़ धराशाई हो गए उधर अशोकनगर में कल दिन भर तपन रही पारा भी खूब चढ़ा लेकिन शाम होते होते आसमान में बादल छा गए और रात को बरस पड़े

प्रधानमंत्री बुद्ध पूर्णिमा आज ब्द्ध पूर्णिमा है इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ब्द्ध पूर्णिमा समारोहों में हिस्सा लेंगे संस्कृति मंत्रालय अंतरराष्ट्रीय बौद्व परिसंघ के सहयोग से वर्चुअल प्रार्थना आयोजित कर रहा है जिसमें दुनिया भर के बौद्ध संघों के सर्वोच्च गुरु हिस्सा ले रहे हैं

संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे बैशाख बुद्ध पूर्णिमा को तीन प्रकार से शुभ दिवस माना जाता है इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म ह्आ था उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हई थी और उनका महा परिनिर्वाण हआ था प्रदेश में भी लॉकडाउन की वजह लोग घरों में ही ब्द्व पूर्णिमा मनाएँगे

उन्होंने वहां लोगों से चर्चा कर कहा कि सभी को सावधानी बरतने की सलाह दी

नया आदेश जारी